विधानसभा में सदन के दिवंगत सदस्य जगन प्रसाद गर्ग के निधन पर शोक प्रस्ताव के बाद कार्यवाही शुक्रवार अपरान्ह ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित कर दी गई वहीं विधान परिषद में कार्यवाही शुरू होते ही मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी सहित अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने कानून व्यवस्था सोनभद्र ज़िले में कल हुए सामूहिक नरसंहार संभल में दो पुलिस कर्मियों की हत्या और सपा नेता आज़म खां के ख़िलाफ़ पंजीक़त किये जा रहे मुक़दमों पर सरकार को घेरा सदन में हंगामा जारी रहने की वजह से सभापति को कार्यवाही कल तक के लिये स्थगित करनी पड़ी

तेईस जुलाई को अनुपूरक बजट पेश होगा तथा चौबीस जुलाई को अनपूरक अनुदानों पर चर्चा और विनियोग विधेयक को पेश करने के बाद उस पर विचार होगा और उन्हें पास कराया जायेगा सत्र छब्बीस जुलाई तक जारी रहेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिमंडल की बैठक में अट्ठावन अप्रासंगिक कानूनों को खत्म करने संबंधी विधेयक को मंजूरी दे दी मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्रो प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इस विधेयक का उद्देश्य अपनी महत्ता खो चुके पुराने कानूनों को समाप्त करना है एनडीए सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान अब तक एक हज़ार आठ सौ चौबीस कानूनों को खत्म किया है

विधेयक में भारतीय चिकित्सा परिषद एम सी आई की जगह राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के गठन का प्रस्ताव है

रेल मंत्री पीयूष गोयल ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि इन रेल लाइनों के निर्माण से बडी संख्या में रोजगार उपलब्ध होंगे बाइट तीनों प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो सिर्फ कोई राजनीतिक कारण से नहीं एप्रव हो रहे हैं लेकिन इकनोमी वायबलेटी और इकनोमी नेस्ससिटी रेलवे की कैप्सिटी के लिए ये तीनों प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं

भारत ने अतंर्राष्ट्रीय न्यायालय क फैसले के मददेनज़र पाकिस्तान से कुलभूषण जाधव को रिहा करने का आग्रह किया है

विदेश मंत्री ने कहा कि सरकार जाधव को स्वदेश लाने के प्रयास जारी रखेगी अतंर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इस मामले में कल पन्द्रह न्यायाधीशों के बहुमत से भारत के इस दावे को सही ठहराया है कि पाकिस्तान ने राजनयिक संबंधों पर आधारित संधि का खुला उल्लंघन किया ह न्यायालय ने पाकिस्तान की सैन्य अदालत द्वारा जाधव को दी गई सज़ा पर पुनर्विचार करने को कहा है

यह विधेयक लोकसभा में पहले ही पारित हो चुका है इसका उद्देश्य एन आई ए के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करना है

विधेयक में मानव तस्करी और साइबर आतंकवाद जैसे अनुसूचित अपराधों के लिए विशेष न्यायालय गठित करने का प्रावधान भी किया गया है विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने सदन को आश्वस्त किया कि एन आई ए विदेशों में रह रहे भारतीयों के खिलाफ आतंकी हमलों और देश हित के खिलाफ होने वाले मामलों की जांच कर सकेगा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

सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या भूमि विवाद मामले में मध्यस्थता प्रक्रिया को इकतीस जुलाई तक जारी रखने पर सहमति जाहिर करते हुए मध्यस्थता समिति से पहली अगस्त को रिपोर्ट पेश करने को कहा है

न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने पिछले हफ़्ते मध्यस्थता समिति से प्रगति रिपोर्ट अट़ठारह जुलाई तक अदालत में पेश करने को कहा था सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश प्रमुख याचिकाकर्ताओं में से एक गोपाल सिंह विशारद की अपील पर दिया है विशारद द्वारा दाख़िल याचिका में कहा गया था कि इस मामले में मध्यस्थता प्रक्रिया में किसी तरह की प्रगति नहीं हो रही है

पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हीरो वाजपेई ने आकाशवाणी को बताया कि एयरपोर्ट से प्रदेश कार्यालय तक के रास्ते में अनेक जगहों पर श्री देव का कार्यकर्ताओं और समर्थकों द्वारा अभिनन्दन किया जायेगा बाइट कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी दो बजे करीबन एयरपोर्ट आयेंगे

पहले इसका प्रक्षेपण पन्द्रह जुलाई को किया जाना था लेकिन किसी तकनीकी कमी की वजह से इसे नहीं छोड़ा जा सका था आयकर विभाग ने बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती के भाई आनन्द कुमार और उनकी पत्नी विचित्र लता के नोएडा स्थित चार सौ करोड़ रूपये के एक बेनामी भूखण्ड को ज़ब्त कर लिया है आयकर विभाग की बेनामी सम्पत्ति रोधी इकाई के अनुसार इस भूखण्ड का क्षेत्रफल सात एकड़ है बसपा प्रमुख ने हाल ही में आनन्द कमार को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया था चित्रकूट मंडल के चारों जनपदों महोबा बांदा हमीरपुर और चित्रकूट में प्रधानमंत्री मातृत्व लाभ योजना के तहत अड़तालीस हज़ार तीन सौ छत्तीस महिलाओं को लाभान्वित किया गया है

उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ पात्रों तक पहुंचाने के लिये प्रचार प्रसार के साथ साथ अभियान चलाकर गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण कराया जाता है